राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच दूसरा अनुपूरक बजट पारित होने के बाद अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई है आज सुबह राज्य विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ हंगामा करते हुए सदन के वेल में आ गये विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्षी दलों के सदस्यों से अपने अपने स्थानों पर लौटने का आग्रह किया जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया

इसके अलावा सदन ने कई विधेयकों को भी मंजूरी दे दी सरकार ने आगामी फरवरी माह में लखनऊ में आयोजित होने वाले ग्यारहवें राष्ट्रीय रक्षा एक्सपो के लिये छियासी करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया है रक्षा एक्सपो की मेजबानी पहली बार प्रदश सरकार कर रही है

अनुपूरक बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिये पांच सौ करोड़ रूपये और बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये दो सौ करोड़ रूपये का प्रावधान किया है इसके अलावा अनुपूरक बजट में अटल बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिये एक सौ तीस करोड़ रूपये के आवंटन का प्रस्ताव भी शामिल है वहीं राज्य विधान परिषद मे भी शोर शराबे के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया है सदन ने अनुपूरक बजट के अलावा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन सहित छह अन्य विधेयकों को भी मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के संभल और लखनऊ में आज नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा के लिये विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है उन्होंने प्रदश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में आम लोगों को परेशानी नहीं होने दी जायेगी और हिंसा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा मूख्यमंत्री ने हिंसा की घटनाओं पर सख्त नाराजगी जताते हुए इसे राष्ट्र द्रोह करार दिया उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी सार्वजनिक सम्पत्ति को जो भी न्कसान पहुंचा है उसकी पूरी भरपाई हिंसा के जिम्मेदार लोगों से की जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास काई मुद्दा नहीं है वह प्रदर्शन के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है आज प्रदेश के कई जिलों में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें राजनोतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे प्रदेश के अन्य शहरों में प्रदर्शन शांतिपूर्ण हुए लेकिन संभल में प्रदर्शकारियों ने दो रोडवेज बसों में आग लगा दी लखनऊ में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया और कई स्थानों पर पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई इस दौरान क्छ वाहनों को आग लगा दी गई हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चला कर तितर बितर कर दिया प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने हिंसा की घटनाओं पर कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रामक प्रचार कर लोगों को बहकाने का काम कर रहा है श्री शर्मा ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पैदा हुई उग्र स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आम नागरिकों से शांति बनाये रखने का आहवान किया है

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम जनता से अपील करते है कि लोग शांति बनाये रखे यह बिल किसी का अहित नहीं करता है यह केवल उन लोगों को मदद कर रहा है जो धार्मिक आधार पर हमारे पड़ोसी मुलकों में प्रताड़ित थे

इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा होने की मनाही है राज्य के पूलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल नहीं होने दें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस बीच नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्य में हुए प्रदर्शन और हिंसा से जुड़े मामलों में अब तक सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है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

प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने कहा है कि पुलिस को जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहना चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का कार्य चुनौती पूर्ण है इसे निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के लिय पुलिस को आम नागारिकों से समन्वय स्थापित कर उनमें विश्वास पैदा करना चाहिये

समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है एक रिपोर्ट सभी स्कूलों में आज और कल होने वाली बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी स्थगित करने के निर्देश दिए गए हैं पूरा प्रदेश शीतलहर की गिरफ्त में है पिछले दो दिनों से लगातार अधिकतम तापमान अधिकांश जगहों पर बारह डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह के वक्त घना कोहरा पड़ने के साथ ही पूर्वी इलाके में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि आजादो के आन्दोलन में इन अमर शहीदों के योगदान को हमेशा आदर पूर्वक याद किया जायेगा देश को इन वीर सपूतों ने स्वतंत्रता आन्दोलन में नई चेतना और उत्साह का संचार किया था जौनपुर में जिला कलेक्ट्रट स्थित क्रांति स्तम्भ पर हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज काकोरी कांड के इन नायकों का याद किया वहीं अयोध्या में मंडल कारागार स्थित अशफाक उल्ला खां शहीद स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की

हड़ताल को गैर काूननी घोषित किये जाने के बाद भी लेखपाल काम पर वापस नहीं लौट रहे लेखपालों के इस रवैये के बाद जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है झांसी में बीस लेखपालों को निलम्बित कर दिया गया है और एक सौ तिहत्तर लेखपालों के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है

उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों के जीवन स्तर में मौजूद अन्तर को दूर करना समय की मांग है वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे